सीएम बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कि देहरादून में भव्य शौर्य स्थल बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि इस शौर्य स्थल को अत्याधनिक बनाया जायेगा जिसमें हमारे वीर जवानों की वीरता की झलक देखने को मिलेगी देहरादन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शौर्य स्थल के लिए स्थान चयन के निर्देश दिये शौर्य धाम के लिए चयनित जगह पर वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की जायेगी वहीं एक अन्य बैठक में सीतोंस्यू में सीता माता मंदिर निर्माण के लिए एक राज्य स्तरीय ट्रस्ट बनाये जाने का फैसला लिया गया मुख्यमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मन्दिर के लिए सीता माता से जूडे सभी स्थानों की शिला मिट्टी और जल लाया जायेगा सीता माता मंदिर के पास जटायू का मंदिर भी बनाया जायेगा यह मंदिर ऐसे स्थान पर बनाया जायेगा जहां से सीता माता मंदिर के दर्शन भी हो सके मुख्यमंत्री ने कहा कि देवप्रयाग से सीतासैंण तक श्रद्वालुओं के लिए आवागमन के लिए उचित व्यवस्थाएं की जायेंगी कुंम मेला बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि कुंम मेला निर्माण कार्यों के गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि कुम्म मेला निर्माण कार्यों का थर्ड पार्टी निरीक्षण लगातार जारी है

मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि वे समयबद्धता और ग्रणवत्ता से स्वीकृत कार्यो को निर्धारित समय में पूरा करें उन्होंने कृम्म मेला अधिकारी दीपक रावत को निर्माणाधीन कायों की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिये मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ रहा कल की बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा हुआ है लेकिन आज ध्यप खिलने से कुछ राहत मिली हालांकि नैनीताल बागेश्वर अल्मोड़ा चंपावत पिथौरागढ़ टिहरी चमोली समेत कुछ जिलों में सुबह घने बादल छाये रहे और हल्की बारिश भी हुई लेकिन दोपहर तक मौसम साफ हो गया वहीं चमोली जिले में बदरीनाथ हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी औली रूपकुंड बेदिनी ब्ग्याल आदि स्थानों पर कल बर्फबारी हुई

उधर पिथौरागढ़ जिले के धारचूला मुनस्यारी में भी बर्फबारी हई है

कार्यशाला में प्रोजेक्टर के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी दूर करने पलायन रोकने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार के नये क्षेत्रों को विकसित करने पर चर्चा की गयी

दिल्ली की चंदा ने इस मुकाबले में रजत पदक जीता जबकि उत्तराखंड की गौरी ने कांस्य पदक हासिल किया गौरतलब है कि अंकिता पहले ही पांच हजार मीटर की दौड़ में भी स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी है चंबा ओडीएफ फ्री महान सपूतों गबर सिंह और श्रीदेव सुमन की जन्म भूमि चम्बा को स्वच्छ भारत भिशन के तहत प्रदेश में पहला ओडीएफ प्लस प्लस शहर घोषित किया गया है

उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वच्छता को लेकर जनता पहले से भी ज्यादा नगर पालिका का सहयोग करेगी

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ प्लस प्लस घोषित होने के लिए हर घर में शौचालय होने के साथ ही सीवरेज सेफ्टी टैंक सिस्टम और सार्वजनिक शौचालय के मानक तय किए गए थे नगर पालिका चंबा केंद्र सरकार के इन मानकों पर खरी उतरी है

मंदिरों में इस मौके पर वि ीश प्जा अर्चना की गई

हरिद्वार में मकर सक्रांति पर्व पर लाखों श्रद्दालुओं ने हरकी पैड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर स्नान किया मकर संक्रांति के स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमडने लगी थी कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद श्रद्धालुओं ने उत्साह और श्रद्वा के साथ स्नान किया मकर संक्रांति से सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं आज से ऋत परिवर्तन भी माना जाता है मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा स्नान कर तिल और खिचड़ी के दान का बहत महत्व है मकर संक्रांति से ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है जिला प्रशासन ने भी मकर संक्रांति को लेकर काफी तैयारियां की थी एसपी सिटी कमलेश ने बताया कि गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्वालुओं को मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गये हैं

आकर्षक सांस्कृतिक झांकियों के साथ मेले का आगाज हआ इन झांकियों में मदकोट के विशाल नगाडे के साथ ही दारमा के कलाकारों के नृत्य ने समां बांध दिया जिलाधिकारी ने झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने झोड़ा चांचरी और छोलिया के साथ ही विभिन्न स्कूली बच्चों और स्थानीय महिलाओं ने प्रस्तूति दी पौराणिक धरोहरों को समेटे उत्तराखंड की काशी के नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर में माध माह में होने वाले उत्तरायणी मेले की अलग ही पहचान है सरयू गोमती और विलृप्त सरस्वती के संगम तट पर बसे शिवनगरी बागेश्वर में हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन से आठ दिन का मेला लगता है

इसका प्रभाव सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में था कमाऊं मण्डल में इस कप्रथा की कमान बद्री दत्त पाण्डे के हाथ में थी वहीं गढवाल मण्डल में इसकी कमान अनुसूया प्रसाद बहुगुणा संभाल रहे थे

इस अवसर पर पतंग के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया पतंग महोत्सव के अवसर पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने भी पतंग उड़ाई उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे है और सभी अभिमावकों को अपने बेटों की तरह ही बेटियों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने चाहिए इस दौरान जनप्रतिनिधियों विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों और स्कूली छात्र छात्राओं ने कन्या भ्रूण हत्या और बेटियों से भेदभाव से संबिधत स्लोगन लिखी पतंगें उड़ाई

कृमि मनुष्य की आंत में रहते हैं और जीवित रहने के लिए मानव शरीर के जरूरी पोषक तत्व को खाते हैं